पुलिस को अपनी छवि सुधारने को भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सकों और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों से मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने का किया आह्वान प्रदेश सरकार ने चालू पेराई सत्र के लिये गन्ने का परामर्शी मूल्य किया घोषित उन्नाव मामले में प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में सात पुलिसकर्मियों को किया निलम्बित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की कारगर भूमिका पर जोर दिया है वह कल पृणे में चौवनवें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि पुलिसकर्मियोंको बच्चों और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गो में भरोसा पैदा करने के लिए अपनी छवि सुधारने के प्रयास करने चाहिए प्रधानमंत्री ने पिछले दो दिनों में विचार विमर्श में हिस्सा लेने और बहमुल्य सुझाव देने के साथ ही कल शाम सम्मेलन के समापन सत्र को भी सम्बोधित किया प्रधानमंत्री ने इंटेलीजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारियों को उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किये श्री मोदी ने सम्मेलन में पुलिस नियोजन और क्रियान्वयन के बेहतर सुझाव देने की सराहना की प्रधानमंत्री ने देश में सदभावना और शान्ति कायम रखने और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों की सराहना की उन्होंने कहा कि लोगों को पुलिसकर्मियों के साथ मजबूती से खड़े उनके परिजनों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए श्री मोदी ने सम्मेलन के निष्कर्षो को राज्य में जिला तथा थाना स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यपालन में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख भी किया गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोगाल सम्मेलन में तीनों दिन मौजूद थे इस वर्ष आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित आतंकवाद नक्सलवाद तटीय सुरक्षा साइबर खतरा कट्टरवाद तथा मादक पदार्थ आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मंथन करने के लिए ग्यारह समूहों का गठन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्क देशों से आतंकवाद और इसे समर्थन देने वाली ताकतों से निपटने के लिए कारगर उपायों की अपील की है दक्षिण एरियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के स्थापना दिवस पर सार्क सचिवालय को मेजे गए पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि एकजुट प्रयासों से संगठन की मजबूती को दल मिलेगा पाकिस्तान का नाम लिए बिना श्री मोदी ने कहा कि सार्क देशों के बीच अधिक सहयोग के भारत के प्रयासों को आतंकवादी गतिविधियों से लगातार चुनौती मिलती रही है ऐसे में संगठन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए साझा प्रयास जरूरी है उन्होंने कहा कि संगठन ने प्रगति की है लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है पिछला सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष दो हजार चौदह में नेपाल के काठमाण्ड् में हुआ था दो हजार सोलह का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था लेकिन उरी आतंकी हमले के कारण भारत के शामिल होने से इंकार के बाद सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था सार्क स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष आठ दिसम्बर को मनाया जाता है इसी दिन सार्क समूह के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि छात्रों और शिक्षकों को समाज के वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कल भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षा सामाजिक सशक्तीकरण का सबसे अच्छा साधन है राष्ट्रपति ने कहा कि अकादमिक समुदाय को उन क्षेत्रों में अनुसंधान करना चाहिए जिनसे न केवल नया ज्ञान आधार तैयार होता है बल्क मानव समाज का कल्याण होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सकों और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों से मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने का आहवान किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक का संवेदनशील व्यवहार रोगी को जल्द स्वस्थ होने में तो मदद करता ही है साथ ही चिकित्सक को अलग पहचान भी दिलाता है मुख्यमंत्री कल झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सूपर स्पेशलिटी ब्लॉक का श्मारम्भ करने के बाद मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी सहित छह अलग यूनिटें बनी हैं इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को त्वरित इलाज की सभी सुविधाएं मिलेंगी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के मन में चिकित्सकों के प्रति विश्वास होता है इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी विकित्सकों की है श्री योगी ने विकित्सकों से बिना किसी भेदभाव के मरीजों का उपचार करने को कहा समारोह में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रदेश के लिए तेरह मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं और एक और मेडिकल कॉलेज भी शीघ्र स्वीकृत हो जायेगा इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बघाई दी उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करके सभी को स्वास्थ्य सुविवाएं मुहैया कराने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना आज साकार हो रहा है अपने झांसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जिले के मण्डलीय सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा भी की मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण बुन्देलखंड के गांवों में घर घर पाइप पेयजल से आपूर्ति की जायेगी इसके लिए नौ हजार करोड़ रूपये का बजट रखा गया है प्रदेश सरकार ने चालू पेराई सत्र दो हजार उन्नीस बीस के लिये गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य घोषित कर दिया है गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए तीन सौ पच्चीस रूपये सामान्य प्रजाति के लिए तीन सौ पन्द्रह रूपये और अनुपयुक्त जाति के लिए तीन सौ दस रूपये प्रति कृतल का मूल्य तय किया गया है गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव आर भूसरेड़डी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यूवाओं से लैंगिक और जाति के आधार पर भेदभाव तथा महिलाओं का सम्मान न करने जैसी सामाजिक क्रीतियां समाप्त करने की शपथ लेने का आह्वान किया है उन्होंने युवाओं से कहा कि वे देश में समानता लाने की दिशा में काम करें श्री नायडू कल पुणे में सिम्बॉयोसिस इंटरनेशनल युनिवर्सिटी के सोलहवें दीक्षांत समारोह को सम्बोधित कर रहे थे समाज में गिरते मूल्यों और विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हाल में हुई घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ एक कानून बनाना काफी नहीं होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों की सोच में बदलाव लाना होगा प्रदेश सरकार ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने के मामले में लापरवाही बरतने पर एक थानाध्यक्ष सहित सात पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है बिहार थाना क्षेत्र के प्रमारी अजय त्रिपाठी दो उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह रघुवंशी और श्रीराम तिवारी तथा चार सिपाहियों को निलम्बित किया गया है इन समी पुलिसकर्मियों को काम में लापरवाही ढिलाई और अपराध नियंत्रण तथा अभियोजन से सम्बंधित मामलों में मनमानी करने के मद्देनज़र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस लोकसभा में आज पेश किया जाएगा विधेयक सदन की कार्य सूची में शामिल है विधेयक का उद्देश्य चुनी हुई श्रेणियों में अवैध प्रवासियों को छूट देने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना है नागरिकता संशोधन विघेयक उन्नीस सौ पचपन में संशोधन कर के अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू सिख बौद्व जैन पारसी और इसाई सहित छः समुदायों के अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता के योग्य बन सकेंगे विधेयक को पिछली लोकसभा ने पारित किया था लेकिन इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था विधेयक का उत्तर पूर्व के राज्यों में विरोध हो रहा है कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों को विघेयक के प्रावधानों पर आपत्ति है इस बीच भाजपा ने अपने सांसदो को व्हीप जारी कर ब्धवार तक लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विघेयक धर्म आधारित नहीं है भाजपा के प्रवक्ता रूपम गोस्वामी और डॉक्टर नुमल मोमिन ने गुवाहाटी में कहा कि पार्टी असम समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि जो लोग इक्कतीस दिसम्बर दो हजार चौदह से पहले धार्मिक कारणों से बंगलादेश सहित पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होने के कारण भारत आये हैं वे इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस विधेयक के नाम पर असम में जनता को गुमराह कर रहे हैं